प्रदेश में कोविड के मामलों में तेजी से हो रही है बढ़ोतरी

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि विद्यार्थियों को परीक्षा का तनाव नहीं बल्कि अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए श्री मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के पहले वर्चुअल संस्करण में विद्यार्थियों अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद कर रहे थे श्री मोदी ने कार्यक्रम में बच्चों के साथ तनाव और चिंता से मुक्ति के मंत्र साझा किये उन्होंने अभिभावकों से कहा कि वे बच्चों पर दबाव न बनाएं और उन्हें परीक्षा का आनन्द लेने दें प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा है कि उन्हें परीक्षा से डरना नहीं चाहिए बल्कि इसे उत्सव की तरह लेना चाहिए

हम थोड़े ज्यादा ही सोचने लग जाते है और इसलिए मैं समझता हूं कि जिन्दगी में ये कोई आखिरी मुकाम नहीं है ये जिन्दगी बहुत लंबी है बहुत पड़ाव आते है एक छोटा सा पड़ाव है हमें दवाव नहीं बनाना चाहिए टीचर हो स्टूडेंट हो परिवार जन हो यार दोस्त हो अगर बाहर का दवाब कम हो गया खत्म हो गया तो एक्जाम का दवाब कभी महसूस नहीं होगा कान्फीडेंस फलेगा फूलेगा प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से कहा कि समय के प्रबंध के बारे में बच्चों का मार्गदर्शन करें श्री मोदी ने सुझाव दिया कि विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय के अनुसार उस पर ध्यान देना और ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए

सभी विषयों में बरावर बरावर आपके पास पढ़ाई के लिए दो घंटे है तो उन घंटों में हर सब्जैक्ट को समान भाव से पढ़िये

श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों को शुरू में मुश्किल विषय हल करने का प्रयास करना चाहिए और इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए

प्रधानमंत्री ने कुछ समय खाली रहने के महत्व पर भी बल दिया उन्होंने छात्रों से कहा कि वे अपने खाली समय को ऐसी गतिविधियों में बिताएं जिनके जरिए स्वयं को अभिव्यक्त किया जा सके और व्यक्तित्व का विकास हो सके प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर अभिभावक बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं तो बच्चों की रूचि प्रकृति और प्रवृत्ति को समझना आसान होता है

इसका परिणाम क्या होता है आज बच्चे के सामर्थय का पता लगाने के लिए पेरेन्टस को एक्जाम के रिजल्ट का सीट देखना पडता है और इसलिए बच्चों का आकलन भी बच्चों के रिजल्ट तक ही सीमित हो गया है मार्क के परे भी बच्चे में कई ऐसी चीजें होती है जिन्हें पेरेन्ट्स मार्क ही नहीं कर पाते है श्री मोदी ने छात्रों से आजादी के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की और अपने क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारियां जुटाने को भी कहा देश में कोविड महामारी के मामलों में भारी बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार सहित सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक करेंगे इसमें प्रधानमंत्री टीकाकरण से संबंधित मुद्दों पर भी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे इससे पहले प्रधानमंत्री ने सत्रह मार्च को मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर बैठक की थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज ली दिल्ली एम्स में श्री मोदी ने टीका लगवाया अट्ठाईस दिन पहले श्री मोदी ने टीके की पहली ख़्राक ली थी एक ट्वीट में श्री मोदी ने यह जानकारी देते हुए लोगों से जल्द से जल्द टीका लगवाने की अपील की है प्रदेश में कल एक लाख सात हजार आठ सौ इकतालीस लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये गये अब तक बयालीस लाख अड़तीस हजार चार सौ पचहत्तर लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है इसमें सैंतीस लाख सोलह हजार छह सौ सत्ताईस लोगों को टीके की पहली डोज जबकि पांच लाख इक्कीस हजार छह सौ अड़तालीस लोगों को दूसरी डोज दी गयी है केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग सौ लोगों वाले सार्वजनिक और निजी कार्यस्थलों पर ग्यारह अप्रैल से कोविड टीकाकरण की अनुमति दे दी है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि पैंतालीस वर्ष या उससे अधिक आय़ के कर्मचारियों का टीकाकरण अभियान चलाया जाए प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है कल एक हजार पांच सौ सत्ताईस नये मामलों की पुष्टि हुई इसमें सबसे अधिक पांच सौ बाईस मामले पटना से सामने आये हैं पांच महीने के बाद एक दिन में पटना में पांच सौ से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इसके अलावा गया से एक सौ अट्ठाईस भागलपुर से अठहत्तर मुजफ्फरपुर से चौहत्तर और जहानाबाद से अड़सठ मामलों की प्रष्टि हुई है अन्य सभी जिलों से भी पॉजिटिव मामले दर्ज किये गये हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल दौ सौ सड़सठ मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी वहीं इसी अवधि में दो मरीजों की मौत के साथ ही राज्य में कोविड से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार पांच सौ अठासी हो गया है प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या पांच हजार नौ सौ पच्चीस है वहीं स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव दो चार प्रतिशत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कोरोना के बढ़ रहे मामलों पर गहरी चिंता जताते हुए लोगों से सतर्क रहने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है राज्यवासियों के नाम लिखे अपने पत्र में श्री कुमार ने कहा है कि बिना जन सहयोग के कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीती नहीं जा सकती है उन्होंने लोगों से मास्क का उपयोग करने सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने और समय समय पर हाथ धोते रहने समेत अन्य दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है मुख्यमंत्री ने पैंतालीस वर्ष और इससे अधिक उम्र के लोगों को टीका लगवाने को भी कहा है श्री कुमार ने कोरोना के कोई भी लक्षण दिखने पर लोगों से तत्काल जांच करवाने का भी आग्रह किया है बहुचर्चित मुंगेर गोलीकांड की जांच अब पटना उच्च न्यायालय की निगरानी में अपराध अन्संधान विभाग सीआईडी करेगा न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने इस गोलीकांड में मारे गये युवक के पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया हालांकि पीठ ने सीबीआई जांच की मांग को अस्वीकार कर दिया न्यायालय ने जांच टीम को चार सप्ताह में अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपने का भी निर्देश दिया है साथ ही पीठ ने मुंगेर के वर्तमान पुलिस अधीक्षक कोतवाली थाना प्रभारी और इस मामले से जुड़े सभी पुलिस अधिकारियों के तबादला करने का भी आदेश दिया न्यायालय ने मृतक के पिता को तत्काल दस लाख रुपया मुआवजा देने का भी आदेश दिया गौरतलब है कि मुंगेर में पिछले साल अक्टूबर महीने में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान कथित रूप से पुलिस की गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गयी थी नवादा में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से सोलह लोगों की हुई मौत के मामले में चार पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है पुलिस अधीक्षक सायली धूरत सावलाराम ने यह जानकारी दी वहीं बेतिया में घूस लेने के आरोप में चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और दो होमगार्ड जवानों को ड्यूटी से वंचित करने का निर्देश दिया गया है राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि सप्ताह के अंत तक पछ्आ हवा का प्रभाव शुरू होगा जिससे कई स्थानों पर लू चलने की आशंका है

जमुई जिले के भीम बांध जंगल से पुलिस और अर्द्वसैनिक बलों की टीम ने दो आईईडी बम बरामद किया बाद में बम को निष्क्रिय कर दिया गया वैशाली जिले के हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के राजेन्द्र चौक के पास एक मार्केटिंग कॉम्पलेक्स में आग लग जाने से मां बेटे की झुलस कर मौत हो गयी अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र के सुभाष चौक के पास पुलिस ने एक युवक को साठ हजार मूल्य के जाली भारतीय मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोविड के बढ़ते मामलों से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखता है पटना में खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहा है संक्रमण दैनिक भास्कर ने लिखा है ग्यारह अप्रैल से दफ्तरों में भी लगेगा टीका दैनिक जागरण ने मधुबनी हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रवीण झा समेत छह की गिरफ्तारी की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है प्रभात खबर की सुर्खी है प्रदेश में नौ अप्रैल से चढ़ेगा पारा ग्यारह से लू के आसार आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

अभिभावकों से बच्चों को तनावमुक्त माहौल देने का आह्वान किया

प्रदेश में कोविड के मामलों में तेजी से हो रही है बढ़ोतरी